देश के छह राज्यों में पहुंचा बर्ड फ़लू झारखण्ड में पक्षियों की मौत की हो रही है जांच चलाया त् जाएगा बर्ड फ्लू सर्तकता अभियान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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई इस बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है निकट भविष्य में आने वाले वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली को विन के बारे में भी बताया गया यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा

इधर सोलह जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा के बाद झारखण्ड में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां हो रही है पहले चरण में राज्य के लगभग सवा लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार प्रसाद के अनुसार दो से तीन दिनों में वैक्सीन पहुंच जाने की उम्मीद है जिन्हें नामकोम वेअर हाउस में रखा जाएगा जहां से वैक्सीन को रिजनल वैक्सीन सेंटर भेजा जाएगा राज्य में जमशेदपुर देवघर और पलामू में रिजनल वैक्सीन सेंटर बनाये गये हैं जहां से विभिनन जिलों में भेजा जाएगा जिसके बाद प्रखण्ड तक पहुंचाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो सौ पचहत्तर वैक्सीन सेंटर बनाये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दो कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और यह वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की भावना से प्रेरित है

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच प्रमुख स्तंभ अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा जनसांख्यिकी लोकतंत्र और आपूर्ति श्रंखला हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य स्व केन्द्रित प्रबंधन या देश को बंद करना नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजनाओं से भारतीय वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र में अनुसंधान संबंधी गतिविधियां संचालित करने में बड़ी मदद मिली है श्री हर्षवर्धन कल चेन्नई बंदरगाह न्यास के सागर अन्वेषिका पोत के जलावतरण के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक कोरोना वायरस को अलग करने और उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग करने में दुनिया में सबसे आगे रहे हैं जिससे इस महामारी से निपटने में बड़ी मदद मिली है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे

भारत में कोविड टीकाकरण सोलह जनवरी से शुरू किया जाएगा देश के टीका नियामक औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है युवा कार्यकम और खेल मंत्रालय इस महीने की बारह तारीख से देश में एक सप्ताह तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है यह आयोजन हर वर्ष युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर किया जाता है इस वर्ष इस महोत्सव का आयोजन आभासी तौर पर किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिभाशाली युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में मार्शल आर्ट प्रदर्शिनियां संगोष्ठियां और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यकम शामिल होंगे केन्द्रीय युवा कार्यकम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को करेंगे कार्यक्रम का समापन संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले युवा संसद कार्यक्रम के साथ होगा

बर्ड फ़्लू वायरस के प्रसार की आशंका को देखते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने के निर्देश दिये हैं वहीं बर्ड फ़ल् प्रभावित राज्यों में निगरानी के लिए विशेष दल बनाये गये हैं इधर राज्य में भी बर्ड फ़्ले वायरस के फैलने की आशंका को देखते हुए प्रशासन की ओर से कदम उठाये गये हैं विभिन्न जिलों से पक्षियों की मौत के बाद पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके की ओर से मृत पक्षियों के नूमने मंगाये गये हैं जिसे बर्ड फ़लू की जांच के लिए क्षेत्र रोग नैदानिक प्रयोगशाला कोलकाता भेजा जा रहा है प्रशासन की ओर से सर्तकता बैठक बुलायी गयी जिसमें विभिन्न जिलों के पशुपालन पदाधिकारी और जिला नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया बैठक में कहा गया कि बर्ड फ़लू से सर्तकता के लिए रैपिड रिस्पोंस टीम का अविलंब गठन किया जाय साथ ही जंगली तथा पालतू पशुओं से भी बर्ड फ्लू से संबंधित नमूने संस्थान को भेजा जाय बैठक में यह भी तय किया गया कि जल्द ही आम लोगों के बीच बर्ड फ्लू को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ छत्तीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है इनमें सर्वाधिक एक सौ पचीस रांची से हैं राज्य भर में अब तक कोरोना संकमितों की संख्या एक लाख सोलह हजार छह सौ बहत्तर हो चुकी है कोरोना संकमितों में धनबाद से इक्कीस बोकारो से नौ पलामू से छह रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम से पांच पांच गुमला और लातेहार से चार चार खूंटी और लोहरदगा से तीन तीन देवघर और दुमका से दो दो गोड़डा और सरायकेला से एक एक वहीं पूर्वी सिंहभूम से तीस मरीज शामिल हैं

कल दो सौ पांच संक्रमित मरीजों को स्वस्थ्य होने के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख तेरह हजार नौ सौ अठ्ठाइस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है जबकि एक हजार चार सौ पैंसठ सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्नीस हजार कोरोना मरीज स्वस्थ हए हैं स्वस्थ होने वालों की कल संख्या एक करोड़ पचहत्तर हजार हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कुल संकमित मामलों की तुलना में सकिय मामलों का प्रतिशत दो दशमलव एक चार प्रतिशत है वर्तमान में देश में सकिय मामलों की संख्या दो लाख तेईस हजार है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अट्ठारह हजार छह सौ पैंतालीस नये मामले सामने आने के बाद देश में सकिय मामलों की संख्या एक करोड़ चार लाख पचास हजार हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर एक दशमल चार चार प्रतिशत है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वे पिछले दो दिनों से बीमार थे कल रिम्स में उनकी कोरोना जांच करायी गयी जिसमें वे पॉजिटिव पाये गये उन्होंने उन सभी लोगों से आग्रह किया है जो पिछले कई दिनों से उनके संपर्क में आये थे कि वे अपनी कोरोना जांच करा लें जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पूर्व झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो विधायक सुदेश महतो और सीपी सिंह को भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी

रांची आपूर्ति अंचल के सभी छह डिवीजन के साथ खूंटी गुमला लोहरदगा और सिमडेगा में भी यह अभियान चलाया जाएगा इस संबंध में महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने सभी डिवीजन में छापेमारी के आदेश दिये हैं खूंटी जिला पुलिस ने कल अभियान चलाकर पीएलएफआई के तीन सदस्यों को गिरफ़्तार किया है गिरफ्तार लोगों से पुलिस ने लेवी के पन्द्रह हजार रूपये एक पल्सर बाईक पीएलएफआइ के चंदे की रसीद और चार मोबाईल फोन बरामद किया है पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गयी

ज्यादातर मामले जबरन दखल प्रयास जमीन मापी विवाद आपसी बटबारा विवाद दोहरी जमाबंदी आदि से जुड़े थे जिन मामलों का निपटारा नहीं हो पाया उन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय में भेज दिया गया है

इस कारण जनवरी में ही गर्मी का एहसास हो रहा है

क्योंकि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा का असर झारखंड पर पड़ेगा इस वजह से न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है